कल से शुरू हुए इस जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सीएए के बारे में लोगों को अवगत कराया घर घर जाकर देशभर में चलाए जा रहे इस जनसंपर्क अभियान में कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता हिस्सा ले रहे हैं

उन्होंने कहा की पूर्ववर्ती सरकारें भी जरूरत होने पर शरणार्थियों को नागरिकता देती रही है एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण आर्थिक कदम उठाए है

गौरतलब है कि जन जागरण अभियान के दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तीन करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे

इस पर मिस्ड कॉल करके लोग नागरिकता संशोधन कानून पर अपनी सहमति दे सकते हैं भारत ने पाकिस्तान के पेशावर में एक सिख व्यक्ति की हत्या की कड़ी निंदा की है पाकिस्तान में यह घटना हाल ही में गुरूद्वारा ननकाना साहिब में तोड़ फोड़ तथा एक सिख लड़की का अपहरण करके उसका जबरन धर्म परिवर्तन की घटना के बाद हुई भारत ने पाकिस्तान सरकार से दिखावा रोकने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है भारत ने कहा है कि जघन्य अपराध करने वालों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए जिससे दूसरों को सबक मिले विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को अन्य देशों को उपदेश देने की बजाय अपने अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करनी चाहिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में लगातार भू जल स्तर निचे गिरता जा रहा है

योजना में सामाजिक सहयोग से भू जल स्तर में सुधार लाया जायेगा श्री शेखावत केन्द्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार कल अपने पैतृक गांव महरोली में लोगों को संबोधित कर रहे थे

कोटा में जेके लॉन अस्पताल में लगातार हो रही बच्चों की मौत के मामले में शिशू रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ अमृतलाल बैरवा के स्थान पर कोटा मेडिकल कॉलेज के डॉ जगजीत सिंह को नया विभागाध्यक्ष बनाया गया है अस्पताल में चार नये चिकित्सक भी नियुक्त किए गए हैं

कुछ नए उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं उधर केन्द्र से आई टीम ने अस्पताल के हालात का जायजा लिया इधर कोटा के जिला कलक्टर ओम कसेरा ने कल जेके लोन अस्पताल में उपकरणों की आपूर्ति और मरम्मत कार्यो का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विमाग के अधिकारियों की बैठक लेकर संबंधित व्यवस्था के बारे में दिशा निर्देश दिए प्रदेश के टिड्डी प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए विशेषज्ञों का दल कल पहुंचा इस बीच राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बाडमेर जिले के प्रभावित इलाकों में गये उन्होंने अधिकारियों से टिड्डी दलों से फसलों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली

शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ये परिणाम घोषित करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच तीन टवेंट् टवेंट् किकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल बारिश के कारण रद्द करना पडा अब श्रीलंका के साथ दूसरा मैच कल इन्दौर में खेला जायेगा